प्रदेश में लगातार पांचवें दिन कोविड संक्रमण में गिरावट का सिलसिला जारी

वज्रपात और आंधी के कारण अलग अलग हादसों में चार लोगों की मृत्यु कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है संक्रमण दर दस प्रतिशत से नीचे आ गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज संक्रमण के नौ हजार आठ सौ तिरसठ नये मामले सामने आये हैं पटना जिले से सबसे अधिक नौ सौ सतहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है नांलदा में पांच सौ तेईस मुजफ्फरपुर में पांच सौ छह समस्तीपुर में चार सौ सतासी कटिहार में चार सौ अठहत्तर और बेगूसराय में चार सौ नौ मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी संक्रमण के नये मामले दर्ज किये गये हैं इधर संक्रमण के मामलों में कमी के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने से कोविड संक्रमण के नये मामलों में कमी आयी है श्री कुमार ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ ही सकारात्मक सोच बनाये रखने की अपील की है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जो लाभार्थी पहले खुराक ले चुके हैं उन्हें दूसरी खुराक के लिए प्राथमिकता दी जाये उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश में वैक्सीन के उत्पादन को बढाने के लिए कम्पनियों का सहयोग कर रही है प्रदेश में अठारह वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के विशेष टीकाकरण अभियान के लिए आज छह लाख चौदह हजार कोविड टीके की खेप पटना पहुंची स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि इसमें से पांच लाख कोविशिल्ड टीके की डोज है शेष एक लाख चौदह हजार कोवैक्सीन टीके पहुंचे हैं गौरतलब है कि अठारह से चौवालीस वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए नौ मई से विशेष टीकाकरण अभियान शुरु हुआ है इससे पहले आठ मई को साढे तीन लाख टीके की डोज पटना पहुंची थी प्रदेश में अब तक चौरासी लाख आठ हजार पांच सौ संतावन लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख छियालीस हजार चार सौ तिरानवे लाभार्थियों को कोविड से बचाव के टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेरासी हजार नौ सौ उनहत्तर लोगों को टीके की पहली डोज दी गयी इनमें अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के उनचास हजार नौ सौ पैंतालीस लाभुक शामिल हैं वहीं बासठ हजार दो सौ चौवन लोगों को टीके की द्रसरी खुराक दी गयी इधर देश में अब तक सत्रह करोड़ बावन लाख लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तैंतीसवीं बैठक की अध्यक्षता की श्री गौबा ने बैठक में कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए पिछले साल से केंद्र सरकार के उपायों की जानकारी दी साउंड बाईट कैबिनेट सचिय ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कार्रवाई के बारे में जनता को जानकारी देने पर जोर दिया उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी श्री गौबा ने कहा कि टीकाकरण अभियान में पात्र लोगों को दूसरा टीका लगाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वैक्सीन की दर्बादी कम से कम होनी चाहिए

पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कोरोना संक्रमण की प्रकृति और उससे निपटने के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने की सलाह दी है मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लोग गलत मान्यताओं और निराधार बातों से भ्रमित न हों इसका विशेष ध्यान रखें केन्द्र सरकार कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को विभिन्न देशों से मिले चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का आवंटन तथा आपूर्ति लगातार कर रही है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल नौ हजार दो सौ ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पांच हजार दो सौ तैंतालीस ऑक्सीजन सिलेण्डर अठसारह ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और अन्य महत्वपूर्ण दवाईयां राज्यों को भेजी गई हैं

केन्द्र सरकार सीमा शुल्क संबंधी तेजी में मंजूरियों में तेजी लाकर व्यवस्थित ढंग से चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कर रही है

कोविड संक्रमण के दूसरी लहर के दौरान जीवन रक्षक दवाईयों और उपकरणों की कालाबाजारी तथा अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिये बिहार पुलिस ने दो विशेष टीमों का गठन किया है कालाबाजारी और अवैध भंडारण के मामलों की रोकथाम के लिये आर्थिक अपराध इकाई ने एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है जिसका द्रभाष नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच एक चार दो और आठ पांच चार चार चार दो आठ चार दो सात है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एके वार्ष्णेय ने कहा है कि कोविड संक्रमण के नब्बे प्रतिशत तक मामले आसानी से ठीक हो जाते हैं

इधर उच्च न्यायालय ने जाप अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है गौरतलब है कि पप्पू यादव को अपहरण के बत्तीस साल प्रराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में कोरोना उपकरणों की कालाबाजारी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और जिलाधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिये हैं राज्य भर में सत्ताईस हजार से अधिक संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत भर्ती किये गये इन हड़ताली कर्मियों की मांग है कि कोविड काल में उनका पचास लाख रूपये का जीवन बीमा कराये जाये और मानदेय में बढ़ोतरी की जाये हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं और कोविड टीकाकरण पर इसका असर पड़ा है इधर राज्य स्वास्थ्य समिति ने कामकाज ठप करने वाले संविदा पर कार्यरत एएनएम और डाटा ऑपरेटर इंट्री सहित अन्य कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने संविदा कर्मियों से संकट की इस घड़ी में काम पर वापस लौटने की अपील की है प्रदेश के साथ देश भर में कहीं से भी ईद का चांद देखे जाने की सूचना अब तक नहीं मिली है काजी ए शरियत मरकजी दारूल कजा इमारत ए शरिया बिहार ओडिशा झारखंड मौलाना मोहम्मद अंजार आलम कासमी और खानकाह मुजीबिया फुलवारीशरीफ के मौलाना सैयद शाह मोहम्मद मिनहाजुद्दीन मोजीबी कादरी ने कहा है कि अभी तक कहीं से चांद देखे जाने की सूचना नहीं है इमारते अहले हदीस शिया रूयते हिलाल कमिटी समेत विभिन्न इस्लामिक संगठनों ने भी कहीं से चांद देखे जाने की पुष्टि नहीं की है इस सिलसिले में आकाशवाणी पटना से रात दस बजे अगली सूचना प्रसारित की जायेगी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज अच्छी बारिश हुई है उत्तर और पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ पेड़ उखड़ गये अरवल और शेखपुरा जिले में तेज आंधी में सड़क किनारे पेड़ उखड़ कर गिरने से काफी देर तक आवाजाही बाधित रही मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुबनी जिले के झंझारपुर में भारी वर्षा रिकार्ड की गयी है यहां सात सेंटी मीटर बारिश दर्ज की गयी इसके अलावा दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर खगडिया अररिया और कटिहार में अच्छी बारिश हुई है बारिश के कारण कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है

राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री रामविचार राय का आज कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया वे छियासठ वर्ष के थे रामविचार राय का पिछले कई दिनों से पटना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था वे मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधान सभा क्षेत्र से कई बार निर्वाचित हुए थे इधर पूर्व विधायक राघव प्रसाद का भी कोविड के कारण निधन हो गया वे पंचानवे वर्ष के थे राघव प्रसाद वर्ष उन्नीस सौ अस्सी में लोक दल के टिकट पर सीवान जिले के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों नेताओं के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है आकाशवाणी पटना के विज्ञापन प्रसारण सेवा में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक सत्यजीत प्रकाश का आज कोविड संक्रमण के कारण निधन हो गया उनकी उम्र अड़तालीस वर्ष थी उनका पिछले बीस दिनों से पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में लगातार पांचवें दिन कोविड संक्रमण में गिरावट का सिलसिला जारी

वज्रपात और आंधी के कारण अलग अलग हादसों में चार लोगों की मृत्यु